वे कल क्षेत्र के पंजाई में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य विकासात्मक योजनाओं की आधारशिला व लोकापर्ण करेंगे मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की चौथी द्विमासिक समीक्षा में सभी दरों को पूर्व स्तर पर बनाए रखने की घोषणा की है बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति ने रेपो दर साढे छह प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर छह दशमलव दो पांच प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया

मोनोरेल शिमला शहर में मोनो रेल सेवा शुरू करने के लिए स्विटजरलैंड की कंपनी ने कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष एक प्रस्तुति दी कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ये परियोजना दो वर्ष में पूरी होगी

इमोनो रेल फीडर लाईन के तौर पर सेवा प्रदान करेगी और शहर में बस सेवा का विकल्प होगी इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशाासनिक अधिकारी मौजूद रहे

केंद्र के कार्यक्रम निष्यादक हीरचंद नेगी ने बताया कि सम्मेलन में जानेमाने कलाकार अपनी प्रस्तृतियां देंगे उन्होंने बताया कि संगीत की विविघ विघाओं के प्रचार प्रसार संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने और हिमालयी राज्यों के सम्मेलन से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला के शब्द हैं जस्टिस सूर्यकांत ने ली मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दैनिक जागरण का शीर्षक है गरीबों को जल्द व सस्ता न्याय प्राथमिकता दैनिक भास्कर ने चीफ जस्टिस के हवाले से लिखा है न्याय मिलने में देर होती है मुझे यही धारणा बदलनी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में बदलेगी न्यायपालिका की कार्य संस्कृति शिमला में हुए हिमालयी सम्मेलन को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है कृषि बिजली दूरिज्म जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करेंगे सभी पहाड़ी राज्य पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमालयी राज्यों ने जलवायू परिवर्तन पर सांझा रणनीति बनाने पर जताई सहमति अजीत समाचार ने लिखा है हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में कृषि पर्यावरण व बिजली परियोजनाओं पर चर्चा अमर उजाला के अनुसार हिमालयी राज्यों के मसले सुलझाने को उठी अलग मंत्रालय की मांग अजीत समाचार ने केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के हवाले से लिखा है केंद्रीय योजनाओं के कियान्वयन में विफल रही पूर्व सरकार शिमला में सीपीआईआर के स्थापना दिवस पर किया संबोधित धन शोधन मामले से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है वीरभद्र को दस्तावेज सौंपने के निर्देश करोड़ों रूपए के स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े की खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है सीबीआई बोली पहले दर्ज करवाओ एफआईआर लग्जरी कारों के कारोबार में करोड़ों का टैक्स चोरी सफेदपोशों ने दबाए रखा मामला अमर उजाला की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार शिमला शहर में हिमाचल की पहली मोनो रेल चलाने की तैयारी

एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हिमाचल पर कचरे का दबाव में कूड़े के एकत्रण से इसके निपटान तक के लिए सरकार व प्रशासन के साथ साथ जनता की सहभागिता की जरूरत बताई है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बदलनी होगी सोच में लिखा है खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को परिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए मजबूर करना समाज की सोच पर सवालिया निशान लगाता है